प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को किया समर्पित

स्वास्थ्य विभाग ने कल देर शाम इसे लेकर संबंधित जिलों को आदेश जारी कर दिया रांची तथा पलामू में यह पूर्वाभ्यास दोबारा होगा

पूर्वी सिंहभूम सिमडेगा पाकुड़ तथा चतरा में दोबारा प्रर्वाभ्यास नहीं होगा

इसमें टीकाकरण से संबंधित सभी गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया जाएगा सिर्फ टीका नहीं पड़ेगा बता दें कि दो जनवरी को राज्य के छह जिलों रांची पलाम पूर्वी सिंहभूम चतरा सिमडेगा तथा पाक्ड़ में इसका पूर्वाभ्यास हुआ था जिन जिलों में सात जनवरी को कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास काराया जाएगा उनमें रांची पलामू कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह बोकारो धनबाद दुमका देवघर जामताड़ा साहिबगंज गोड्डा पश्चिमी सिंहभूम खूंटी सरायकेला खरसावां लातेहार गढ़वा गुमला रामगढ़ तथा लोहरदगा शामिल हैं झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है

इस परीक्षा में राज्यभर के लगभग साढ़े सात लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे हालांकि परीक्षा को लेकर डेटशीट जारी नहीं हुई है जैक के अध्यक्ष डा अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया गया है सिर्फ विषयवार परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है सोमवार को जैक सभागार में बैठक कर परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है

परीक्षार्थियों के बीच एक निश्चित द्री बनाकर परीक्षा संचालित की जाएगी परीक्षा की तैयारी को लेकर जैक पूरी तरफ से जुट गया है

इसी के तहत परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी भी कराई जा रही है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उच्च और प्लस दू स्कूलों में इस साल होनेवाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है

रविवार को पडनेवाले पर्व त्योहार इसमें शामिल नहीं हैं वहीं मुस्लिम त्योहारों के लिए घोषित छुट्टियों में चांद दिखने के अनुसार बदलाव हो सकेगा

झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव सात आठ प्रतिशत हो गई है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ साठ नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख पन्द्रह हजार छह सौ नवासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ बतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस पहंच गई है राज्य भर में कल एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार छत्तीस पहुंच गई है जबकि राज्य भर में सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार पांच सौ अठाईस रह गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा रांची जिले के इक्कासी मरीज शामिल हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर कोडरमा में तैयारियां पूरी कर ली गई है वैक्सीन को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की टीम समीक्षा बैठक कर रही है

उसी दिन मेयर आशा लकड़ा रांची नगर निगम की नई इमारत में दाखिल होंगी शुभ मुहूर्त में ही मेयर के साथ डिप्टी मेयर नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी प्रवेश करेंगे दूसरी तरफ नगर निगम के दफ्तर में दस्तावेज और अन्य सामान शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है

रांची नगर निगम की नई इमारत कचहरी रोड पर बन कर तैयार हो गई है

राजधानी रांची में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का अब ई चालान काटने की तैयारी की जा रही है परिवहन विभाग द्वारा ई चालान मैनेजमेंट सिस्टम को सख्ती से लागू करने के लिए एडवांस मशीन खरीदी गई है इससे नियम तोड़ने वाले ऑन स्पॉट डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुर्माना भर सकेंगे पहले चरण में ट्रैफिक पुलिस की मदद से पूरे जिले में ई चालान सिस्टम लागू होगा इसके बाद राज्यभर में इसे लागू किया जाएगा ई चालान सिस्टम को सफल बनाने के लिए कल परिवहन विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ

सचिव ने कहा कि इस डिवाइस के इस्तेमाल से सारी सूचनाएं स्वतरू आ सकती है दूसरी बार नियम तोड़ने के मामले और जुर्माना की राशि स्वतरू सामने आ जाएगी उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को जुर्माना देने के लिए लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ई चालान पर एक लिंक दिया जाएगा जिससे लोग घर बैठे भी जुर्माना भर सकेंगे नो पार्किंग से वाहन जब्त किया जाएगा तो सूचना वाहन मालिक को एसएमएस से मिलेगी नियम तोड़ने वालों का जीपीएस लोकेशन व पता मशीन खुद ले लेगी ताकि प्रमाण रहे मध्य प्रदेश राजस्थान समेत कुछ अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के स्तर से तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है हालांकि राज्य में बर्ड पलू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है पशुपालन निदेशक नैंसी सहाय ने कल सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का हवाला देते हुए संभावित बर्ड फ्लू के फलस्वरूप सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं इधर जिलों से पक्षियों के आ रहे सैंपलों की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में मेकॉन के तत्कालीन सीनियर मैनेजर उपेंद्र नाथ मंडल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

श्रीदास ने कहा कि दूसरे राज्यों में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं लेकिन राज्य सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण झारखंड के लोग परेशाना हैं उन्होंने कहा कि बुज़ुर्गों को न तो वृद्वा पेंशन की राशि मिल रही है और ना ही अन्य योजनाओं का लाभ जबकि केंद्र सरकार के द्वारा राशि का आवंटन भी राज्य सरकार को कर दिया गया है राज्य के शिक्षा मंत्री सह डुमरी विधायक जगरनाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो समेत सात लोगों को तेनुघाट न्यायालय ने संतोष पांडेय की हत्या का दोषी करार दिया है एक और मुकदमे में बैजनाथ महतो तेनुघाट जेल में हैं तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया

इस मुकदमे में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो भी आरोपित थे एसआइटी ने जगरनाथ महतो को दोषमुक्त करार दिया था तेनुघाट कोर्ट के जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने उन सातों को उस कांड का सिद्ध दोषी पाते हुए तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया